मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिये है पूरी तरह प्रतिबद्व

राज्य में कोरोना रिकवरी दर बढ़ कर हुई अट्ठासी दशमलव तीन छः प्रतिशत अब तक तीन लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बहत्तर रोगी हुए स्वस्थ केन्द्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस के विपणन में सुधार लाने के लिए बडे सुधारों को मंजूरी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल से संबंधित सुधारों को मंजूर किया गया पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि देश में प्राकृतिक गैस की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए मानक इलेक्ट्रोनिक नीलामी शुरू की जाएगी हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ते जाना है गैस की कंजम्पशन को और बढ़ाना है सरकार ने लगभग चार लाख करोड रुपये का निवेश अब इम्पतिमेंट कर रहा है गैस इन्फ्रास्ट्रक्वर बनाने के लिए उसी बैक्प्राउंड में आज हमने निर्णय किया एक स्टैंडैंडाइज ई बिडिंग प्रोसिजर आज हमने अप्रवल किया डीजीएच डारेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोडयूसर्स के सामने उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी उसमें क्लेयरिटी और ट्रांसपेरेंसी सहित सारे प्रोविजन उसमें रखा जाएगा और प्रोडयूसर्स की हाथ में च्वाइस रहेगा कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगातार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के प्रमुख के रूप में बीसवें वर्ष में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि श्री मोदी ने शासन और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार किए तथा सरकार को भ्रष्टाचार से मुक्त किया श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाया

कैबिनेट र्न आज से कोरोना वायरस पर जन अभियान शुरू करने का भी फैसला किया श्री जावडेकर ने कहा कि अभी इस महामारी की कोई वैकसीन और उपचार उपलब्ध नहीं है जब दवा नहीं है और जब वैक्सीन नहीं है तो सुरक्षा कवच के त्री सूत्र ही हैं मास्क सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना ये तीन सूत्रों पर हर कोई अपना स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है और यही त्री सूत्री बचाव है

यह अभियान आगामी त्योहारों और सर्दी तथा अर्थव्यवस्था को चरणबद्व ढंग से खोले जाने के मद्देनजर चलाया जाएगा कम लागत पर ज्यादा प्रभावशाली अभियान की पहल के रूप में तीन मुख्य संदेश दिए जाएंगे ये संदेश हैं मास्क पहनें सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोये

अधिकतम लोगों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचने के लिए सोशल मीडिया के विमिन्न प्लेटफॉर्म पर समन्वित मीडिया अभियान भी शुरू किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्व है उन्होंने आगामी नवरात्रि पर्व के दौरान पुलिस विभाग द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से एक अभियान चलाए जाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में बोल रहे थे उधर उन्नाव के बांगरमऊ विघानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजकतत्व राज्य में जाति और धर्म के नाम पर उपद्रव करा कर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं लेकिन किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जायेगा और उनके विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जायेगी भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी ने कहा है कि वह सत्रह अक्टूबर से निजी तेजस एक्सप्रैस लखनऊ नई दिल्ली और अहमदाबाद मुम्बई ट्रेन फिर से चलाएगा सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करते हुए शुरूआत में दो सीटों के बीच एक सीट खाली रखी जाएगी

आईआरसीटीसी ने कहा है कि वह महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की पूरी तैयारी कर रहा है

साथ ही उन्होंने लखनऊ कानपुर नगर वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर और मेरठ में विशेष सतर्कता बरतने के लिये कहा है उन्होंने कहा कि इन जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर सम्पर्क रखते हुए प्रमावी कार्रवाई की जाये

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रोटोकाल के संबंध में कतई लापरवाही न बरती जाये और लोगों को इसके बारे में लगातार जागरूक करते रहने की जरूरत है

अब तक राज्य में तीन लाख चौहत्तर हजार नौ सौ बहत्तर कोरोना रोगी ठीक हुए है और कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर अट्ठासी दशमलव तीन छः प्रतिशत हो गया है अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में बताया कि इस समय राज्य में तैंतालिस हजार एक सौ चौवन कोरोना के सक्रिय रोगी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सैम्पल जांच की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब तक एक करोड़ बारह लाख आठ हजार छः सौ इक्कीस नमूनों की जांच हुई है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर पचासी प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक सत्तावन लाख चौवालिस हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोकथाम और उपचार के उपायों पर आधारित यह प्रोटोकॉल न सिर्फ कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए बल्कि आधुनिक युग की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में पारम्यारिक ज्ञान की प्रासंगिकता बढाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है श्री हर्षवर्धन ने आयुर्वद की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञान है प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह हाथरस कांड की कोई भी जांच कराने को तैयार है जिससे इस घटना की सच्चाई सामने आ सके उच्चतम न्यायालय में दायर शपथ पत्र में राज्य सरकार ने हाथरस कांड की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने का अनुरोध किया राज्य सरकार ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इस घटना की सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है इस बीच राज्य पुलिस ने हाथरस मामले को लेकर हिंसा भड़काने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है